कार्यक्रम में बिहार के सत्तर विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल

और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह ग्यारह बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे बिहार से इस कार्यक्रम में सत्तर विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं जिनमें तीन बच्चों को प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री प्रश्नों का जवाब देंगे और परीक्षा के दौरान तनाव दूर करने पर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे पिछले वर्ष जनवरी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा था कि वे अपना समय नष्ट न करें और समय प्रबंधन को सुधारें क्योंकि समय मूल्यवान है

उनको समय का कोई दवाब नहीं होता है सब परफैक्ट चलता है टाइम इज मनी टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं लेकिन उसी को सबसे ज्यादा वर्बाद करने का हमारा स्वभाव है हम तय करें कुछ रह जाए तो रह जाए समय बर्बाद नहीं होने दूंगा हमारे संवाददाता ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले क्छ विद्यार्थियों से बातचीत की

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरिटिकल एजुकेशन में ज्यादा फोकस रहता है वेदरदैन प्रैक्टिकल एजुकेशन और बिहेव्यर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से उनको आगे जाकर कॉलेज और जॉब में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मेरा नाम महिमा खांडल है मुझे मोदी जी से यही पूछना है कि जैसे रिलेटिबस की प्रॅब्लम रहती है जैसे की वो बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए होती है फिर जैसे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है तो उसमें से कैसे टाइम निकाले और कैसे अपना पोर्शन कवर अप करें मेरा नाम हिमांशु वर्मा है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसे हम टेथ में हैं टूवेल्थ में यही प्रसेंटेज हमारी सबसे ज्यादा मैन होती है उस प्रेशर से हमें कैसे डील करनी चाहिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा इसके साथ ही यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय नरेन्द्र मोदी पत्र सूचना कार्यालय और माई जीओवी इंडिया के यू ट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित छात्रों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है छात्र बोर्ड की वेबसाईट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत आज फैसला सुना सकती है इससे पहले तीन बार फैसला टल चुका है इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की उस याचिका को अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है जिसमें उसने गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किये थे इस मामले में ब्रजेश ठाकुर सहित बीस आरोपी बनाये गये हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि पिछले छह सालों में दो हजार आठ सौ अड़तीस पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गयी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस अवधि में नौ सौ चौदह अफगानी और एक सौ बहत्तर बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की गयी श्रीमती सीतारमन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विपक्षी दलों द्वारा विरोध राजनीति से प्रेरित है उन्होंने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी निजी नर्सिंग संस्थानों से जुड़े अस्पतालों की जांच कराने का फैसला किया है विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया है पत्र में कहा गया है कि जांच अभियान में यह देखा जायेगा कि ये अस्पताल क्लिनिकल स्टैबलिश्टमेंट एक्ट के तहत निबंधित हैं या नहीं इसका मकसद यह भी पता लगाना है कि अस्पताल नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं विभाग ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जायेगी मौसम विभाग ने आज से रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस और कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने और दस से बारह किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है और ठिठुरन बढ़ गयी है अगले चार दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं है वहीं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान सुपौल सहरसा किशनगंज मधेपुरा अररिया पूर्णियां कटिहार भागलपुर बांका मुंगेर खगड़िया और जमुई जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट जांच अभियान की शुरूआत की जायेगी परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर यह घोषणा की उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में हेलमेट जांच अभियान का सकारात्मक असर दिखने के बाद यह फैसला किया गया है पटना के ज्ञान भवन में सम्पन्न तरकारी महोत्सव में बेहतर उत्पादन करने वाले नब्बे किसानों को पुरस्कृत किया गया सबसे अधिक सारण जिले के दस किसान सम्मानित हुये हैं गया हवाई अड्डे से सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने म्यामां की पांच महिलाओं को लगभग दो करोड़ अस्सी लाख रूपये मूल्य के अमरिकी डॉलर के साथ गिरफ्तार किया है विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि इनके पास इतने बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा कहां से आई वहीं सीमा शुल्क विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट के मैठी में छापेमारी कर दो ट्रक विदेशी सुपारी जब्त की है बरामद खेप वियतनाम और म्यामां से आ रही थी बरामद सुपारी का बाजार मूल्य एक करोड़ सत्ताईस लाख रूपया बताया जाता है मौके से दोनों ट्रक के चालक और उपचालक का गिरफ्तार कर लिया गया है भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक मवेशी व्यापारी से सोलह लाख रुपये लूट लिए सीतामढ़ी जिले के ड्मरा स्थित आरक्षी केन्द्र के पास बिहार पूलिस के एक सिपाही ने अपनी पत्नी की एके सैंतालीस रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी बाद में उसने गोली मार कर आत्महत्या कर ली मृतक सिपाही सहरसा जिले का रहने वाला था रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रूप मुकाबले में बिहार की टीम ने नगालैंड को पहली पारी में एक सौ छियासठ रनों के स्कोर पर समेट दिया पहले दिन का मैच खत्म होने तक बिहार की टीम दो विकेट के नुकसान पर एक सौ पन्द्रह रन बना चुकी थी शशीम राठौर छियालीस और बाबुल कुमार इक्कीस रन बनाकर मैदान पर हैं बिहार की ओर से अभिजीत साकेत और आशुतोष अमन ने तीन तीन विकेट झटके कूच बिहार अंडर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गये मैच में हार के साथ ही इस टूर्नामेंट में बिहार का सफर समाप्त हो गया है अरूणाचल प्रदेश ने बिहार को मैच के दूसरे ही दिन एक विकेट से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जल जीवन हरियाली मिशन के समर्थन में बनी विश्व की सबसे लम्बी मानव श्रृंखला से जूड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहारवासियों ने फिर रचा इतिहास मानव श्रृंखला का वर्ष दो हजार सत्रह और दो हजार अठारह का बिहार का ही रिकॉर्ड टूटा दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है विश्व रिकॉर्ड से पन्द्रह गुना बड़ी हमारी मानव श्रृंखला दैनिक जागरण की सुर्खी है सीएए पर अमल की तैयारी दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गये तीन एक दिवसीय मैचों की सीरिज में भारतीय टीम की जीत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया

कार्यक्रम में बिहार के सत्तर विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल

और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा